स्वास्थ्य विभाग ने कल से पूरे राज्य में पंचायत स्तर तक करोना टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू किया है इसके तहत राज्य के लगभग आठ सौ पंचायतों में टीकारण शुरू किया गया इस अभियान के तहत कल एक दिन में रिकॉर्ड एक लाख बीस हजार पांच सौ अट्ठाईस लोगों को टीके का पहला डोज दिया गया प्रदेश में अब तक का एक ही दिन में किया गया यह सबसे बड़ा टीकाकरण है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल एक लाख तैंतालीस हजार लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें चौरासी प्रतिशत पूरा कर लिया गया कल हुए टीकाकरण अभियान में साठ वर्ष से अधिक आयु के नियांनावें हजार तीस बुजूर्गों ने टीका लिया वहीं पैतालीस से उनसठ वर्ष के सोलह हजार छह सौ पचासी लोगों ने भी टीका लिया दूसरी ओर चार हजार आठ सौ तेरह हेल्थ और फ़ंट लाइन वर्कर को भी टीका लगाया गया

इसके लिए सभी जिलों की पंचायतों में टीकाकरण केन्द्र बनाया गया है चतरा जिले में कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर विभिन्न पंचायतों में टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया है

केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिये जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सतर्कता प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिये हैं राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि निगरानी रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह आदेश दिये गये हैं

हालांकि विभिन्न राज्यों में कोविड के मरीजों की संख्या में अचानक आई तेजी के कारण देश में वर्तमान समय में मरीजों की संख्या लगातार बढ रही है

कल राज्य भर में एक सौ तेईस नये कोरोना संक्रमित मिले इसमें संतावन रांची के हैं राज्य भर में कल बारह हजार दो सौ बाईस सैम्पल की जांच हुई रांची में एक हजार चार सौ तीन सैम्पल की जांच की गई इसमें चार दशमल शून्य छह प्रतिशत संक्रमित मिले वर्तमान में राज्य में सकिय मरीजों की संख्या सात सौ बाईस है इसमें तीन सौ सतासी सकिय मरीज रांची में हैं

इनमें पेटेंट की वैधता समाप्त हो चुकी मधुमेह की दवाए भी शामिल हैं जिनका उपयोग मधुमेह रोगी कर पायेंगे प्राधिकरण ने मैसर्स वॉकहार्ट लिमिटेड की इन्सुलिन की दो सौ आईयू प्रति मिलीलीटर वाली सुई और सतर प्रतिशत आईसोफेन इन्सुलिन ह्यूमन सस्पेशन के साथ तीस प्रतिशत इन्सुलिन ह्यूमन इंजेक्शन का खुदरा मूल्य प्रति मिलीलीटर एक सौ छह रुपये पैसठ पैसे निर्धारित किया है पहले इसकी कीमत एक सौ बत्तीस रुपये पचास पैसे प्रति मिलीलीटर थी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जनवरी के महीने में तेरह लाख छत्तीस हजार नए अंशधारक शामिल किए श्रम और रोजगार मंत्रालय से भविष्य निधि संगठन के अंतरिम वेतन विवरण में यह जानकारी दी गई है

ये रेलगाड़ियां दैनिक साप्ताहिक सप्ताह में दो बार और सप्ताह में तीन बार चलेंगी

उन्होंने बताया कि पूजा विशेष रेलगाड़ियों की अवधि भी बढ़ाई गई है कोडरमा जिले में जल संकट से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है खराब पड़े हैण्डपम्प की निर्धारित समय में मरम्मती हो सके इसके लिए भी रणनीति तैयार की गई है

संगीत नाटक अकादमी और विश्वविद्यालय का संगीत कला और प्रदर्शन संकाय प्रख्यात शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान की याद में संगीत संध्या अयोजित कर रहे हैं पाकड़ जिले में दो अलग अलग सड़क द्वर्घटना में कल तीन लोगो की मौत हो गयी

वही मुफसिल थाना क्षेत्र में पाकुड़ बड़हरवा मुख्य सड़क पर महादेवपुर गांव के निकट सड़क दुर्घटना में एक महिला और एक पुरूष की मौत हो गयी दो लाख के इनामी एरिया कमांडर सनिका उर्फ चोयता उर्फ मोरहा को खूँटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है

गिरफ्तार सनिका एक दशक से नक्सली गतिविधियों में शामिल था

उस वक्त मुरहु थाना प्रभारी बाल बाल बच गए थे

इसके साथ ही भारत ने पांच मैचों की यह श्रृंखला तीन दो से जीत ली है कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शानदार अर्द्धशतक बनाए

मैच घोषित किया गया जबकि विराट कोहली को मैन ऑफ दी सीरीज का खिताब मिला अब दोनों टीमें मंगलवार को शुरू हो रही तीन मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में आमने सामने होंगी और अब अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर सौ करोड़ रूपये उगाही के लगे आरोप से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक प्रभात खबर ने भारत ने लगातार छठी टी टवेंटी सीरीज जीती खबर को प्रमुखता से लिया है दैनिक भास्कर ने झारखंड में एक दिन में एक लाख बीस हजार लोगों को लगे टीके इनमें नियंनावे हजार बुजुर्ग इस खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनायी है दैनिक जागरण की सुर्खी है महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख हर महीने मांग रहे थे सौ करोड़ मुम्बई के पूर्व पुलिस कमिशनर परमवीर का सनसनी खेज आरोप दैनिक हिन्दुस्तान ने सूबे के साढ़े चार हजार ग्रामीण स्कूल आधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस इस खबर को पहले पन्ने पर छापा है इसके साथ ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर सौ करोड़ की उगाही का आरोप इस खबर को भी पहले पन्ने की सुर्खी बनायी है दैनिक रांची एक्सप्रेस ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमत इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है अंग्रेजी में प्रकाशित द टाईम्स ऑफ इंडिया ने भी महाराष्ट्र के पुलिस कमिशनर परमवीर द्वारा गृह मंत्री पर सौ करोड़ रूपये उगाही के आरोप की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है